मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि सुपोषित प्रदेश के निर्माण के लिये राज्य स्तरीय पोषण प्रबंधन रणनीति के तहत काम किया जाएगा गौरतलब है कि इस महोत्सव की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में की गई है

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पोषण का संकल्प भी दिलाया

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस से प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिये अनेक कार्यक्रम आरंभ किये जा रहे हैं आगामी संपूर्ण सप्ताह गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा श्री चौहान ने गरीब कल्याण सप्ताह का शुभारंभ भी राज्यव्यापी पोषण महोत्सव के दौरान किया इस अवसर पर प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालयों नगरीय निकायों जनपद पंचायतों और जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यव्यापी पोषण महोत्सव के शुभारंभ के बाद बालिकाओं से चर्चा की उन्होंने कहा कि करीब पंद्रह वर्ष पूर्व लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी वे बालिकाएं जो योजना का लाभ लेकर अब शिक्षा हासिल करते हुए बड़ी कक्षाओं की तरफ बढ़ रही हैं उनसे मिलना और बातचीत करना एक यादगार अनुभव है यह कार्यक्रम भोपाल के स्वामी दयानंद नगर स्थित अंकुर विद्यालय परिसर में सम्पन्न हुआ

इसके अलावा प्रदेश के देवास गुना सीधी सतना और रायसेन सहित अन्य जिलों में भी पोषण महोत्सव का आयोजन किया गया

देश और विदेश से कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश ने काफी प्रगति की है लोकसभा में भी अध्यक्ष ओम बिरला सहित सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है जर्मनी के चांसलर अंगेला मरकेल ने भी मोदी को बधाई देते हुए कहा कि मोदी दोनों देशों के बीच पारंपरिक और अच्छे संबंधों को बनाने में सफल रहे हैं रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकि विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच संवंध मजबूत करने के लिए वे श्री मोदी के साथ मिलकर काम करते रहेंगे इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नरेन्द्र सिंह तोमर फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई नेताओं ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाए दी हैं मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है वहीं राज्य सरकार इसे गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मना रही है

वहीं एक हजार से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं

फीवर क्लीनिक्स मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में फीवर क्लीनिक्स को और प्रभावी बनाया जाए ये प्रतिदिन नियमित रूप से संचालित रहें और आरटीपीसीआर टैस्ट के लिए सैम्पल लिए जाएं तथा रैपिड एंजीटन टैस्ट किए जाएं मोबाइल फीवर क्लीनिक्स भी चलाए जाएं हर जिले में ऑक्सीजन बैड्स और आईसीयू बैड्स की क्षमता बढ़ाई जाए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन कोरोना मरीजों को लक्षण नहीं है तथा जिनके घर में आइसोलेशन की व्यवस्था है वे होम आइसोलेशन में रह सकते हैं

विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेश में कल कारखानों में विशेष प्रजा अर्चना की गई

पूरे प्रदेश में लोगों ने नदी और जलाशयों के किनारे पितरों का तर्पण किया भोपाल में शीतल दास की बगिया और होशंगाबाद के सेठानी घांट पर बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हए पितरों का तर्पण किया

सर्वपितृ मौक्ष अमावस्या के साथ ही सोलह दिवसीय श्राद्व पक्ष का भी आज समापन हो गया

उन्होंने यह निर्देश गुना में जिले के कॉलेजों के प्राचार्यो की बैठक में दिए

ऐसे ही कार्यक्रम निवाड़ी रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित किये गये